सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर कल उन्होंने कहा कि बीते वर्षो से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरूद्ध व्यवस्थित जांच प्रभावी लेखा परीक्षा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक ज़िम्मेदारी है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल जारी अपने आदेश में इस विस्तार की जानकारी देते हुए कहा है कि विभिन्न गतिविधियों को करने की मंजूरी देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है

इस साल मार्च में लॉकडाउन सम्बंधी पहले आदेश के बाद से सरकार ने कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी है जिन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में संक्रमण का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है उनके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति का आकलन करने व मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशानिर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है इन गतिविधियों में स्कूलों कोचिंग संस्थानों राज्यों तथा निजी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलना और शोध कार्य करने वालों के लिए पुस्तकालयों को खोलना भी शामिल हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है प्रथम व द्वितीय सत्र के छात्र किए जाएंगे प्रोमोट हिमाचल दस्तक का कहना है सोमवार से खुलेंगे स्कूल कॉलेज

नमस्कार